अब तक लगभग नवासी प्रतिशत मरीजों को दी जा चुकी है छुट्टी और बिहार में अनलॉक तीन हुआ समाप्त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

राष्ट्रपति आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर राज्यपालों के सम्मेलन का वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से उद्घाटन कर रहे थे उन्होंने कहा कि सार्वजनिक शिक्षा संस्थानों को मजबूत करना अत्यंत महत्वपूर्ण है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

उन्होंने कहा कि इन सत्रों से प्राप्त सुझावों को राष्ट्रीय स्तर पर आगे के विचार और उपयोग के लिए शिक्षा मंत्रालय को भेजा जा सकता है श्री कोविंद ने कहा कि नई शिक्षा नीति विस्तृत भागीदारी को समाहित करती है

ऐसी राष्ट्रव्यापी तथा विस्तृत भागीदारी के कारण ये शिक्षा नीति सही मायनों में राष्ट्रीय अपेक्षाओं और समाधानों को समाहित करती है सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि नई शिक्षा नीति सभी पुरानी शिक्षा नीतियों का बेहतर विकल्प होगी उन्होंने कहा है कि यह नीति भारतीय युवाओं को नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करेगी और रोजगार तथा नौकरियों के नए अवसर भी पैदा करेगी साउंड बाइट देश की एसपीरेशन्स को पूरा करने का बहुत महत्वपूर्ण माध्यम शिक्षा नीति और शिक्षा व्यवस्था होती है शिक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी से केंद्र सरकार राज्य सरकार स्थानीय निकाय समी जुड़े होते हैं लेकिन ये भी सही है कि शिक्षा नीति में सरकार उसका दखल उसका प्रमाव कम से कम होना चाहिए शिक्षा नीति से जितना शिक्षक जुड़े होंगे अभिमावक जुड़े होंगे छात्र छात्राएं जुड़े होंगे उतना ही उसकी प्रासंगिकता और व्यापकता दोनों ही बढ़ती है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

प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि नई नीति कंठस्थ करने के बजाए सीखने पर जोर देती है और वह छात्रों की विवेचनात्मक क्षमता को बढ़ाएगी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 उच्च शिक्षा में परिवर्तन लाने में नई शिक्षा नीति दो हजार बीस की भूमिका विषय पर इस सम्मेलन का आयोजन केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने किया है नई शिक्षा नीति उन्नीस सौ छियासी की शिक्षा नीति के चौंतीस वर्षो के बाद आई है इस नीति का उद्देश्य विद्यालय और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार करना है इस सम्मेलन में राज्यों के शिक्षा मंत्री राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपति और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भाग ले रहे हैं प्रदेश में कोरोना मरीजों के स्वस्थ होने की दर लगातार बढ़ रही है पिछले एक महीने में स्वस्थ होने की दर लगभग पच्चीस प्रतिशत तक बढ़ी है स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में स्वस्थ होने की दर लगभग नवासी प्रतिशत है यह राष्ट्रीय औसत से लगभग बारह प्रतिशत अधिक है वहीं संक्रमण की दर में भी लगातार कमी आ रही है संक्रमण का दर एक प्रतिशत से भी कम हो गया है यानी अब एक सौ नमूनों की जांच में एक से भी कम लोग संक्रमित मिल रहे हैं इधर मृत्यु दर में भी गिरावट आयी है मृत्यु दर घटकर शून्य दशमलव पांच प्रतिशत तक आ गयी है दूसरी तरफ आज कोरोना के एक हजार तीन सौ उनहत्तर नये मामलों की पुष्टि के साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर एक लाख उनचास हजार सताईस हो गयी है आज सबसे अधिक पटना से दो सौ इकतालीस मामलों की पुष्टि हुई है भागलपुर से संतानवे औरंगाबाद से तिरसठ अररिया से पचपन समस्तीपुर से पैंतालीस और पूर्णिया तथा सीतामढ़ी से छियालीस छियालीस मामले सामने आये हैं अन्य जिलों से भी पॉजिटिव मामलों की पुष्टि हुई है राज्य में अभी सक्रिय मरीजों की संख्या सत्रह हजार नौ सौ बहत्तर है अब तक एक लाख बत्तीस हजार एक सौ पैंतालीस मरीजों को उपचार के बाद छुट्टी दी जा चुकी है जबकि सात सौ इकसठ लोगों की मौत हुई है देश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोविड उन्नीस के सत्तर हजार से अधिक मरीज स्वस्थ हुए हैं स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर बत्तीस लाख पचास हजार से अधिक हो गयी है ठीक होने का प्रतिशत सतहत्तर दशमलव तीन एक है वहीं इसी अवधि में नब्बे हजार आठ सौ दो नये मामलों के साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर बयालीस लाख चार हजार छह सौ सोलह हो गयी है वहीं एक दिन में एक हजार सोलह लोगों की मौत के साथ ही मरने वालों का आंकड़ा इकहत्तर हजार छह सौ बयालीस हो गया है नई दिल्ली स्थित सीताराम भरतिया इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड रिसर्च में वरिष्ठ सलाहकार डॉक्टर अमरचंद बजाज ने कोविड उन्नीस संक्रमण रोकने के लिए लोगों को सुरक्षित दूरी बनाये रखने तथा हाथों की स्वच्छता के मानकों का कड़ाई से पालन करने की सलाह दी है साउंड बाईट जब तक हमारे पास इनकी ट्रीटमेंट वैक्सीन या मेडिसन के रूप में ना निकले तब तक हमें जो प्रिकॉशनरी मैजर्स हैं वो फॉलो करने हैं जहां जरूरत न हो उसमें घर से बिल्कुल बाहर न निकलें कोशिश करें कम से कम बाहर निकलना है और जबकि निकलना भी पड़ा घर से बाहर तो कोशिश करे कि जहां आप दो लोग खड़े हैं करीब दो मीटर दूर खड़े रहें नही तो कम से कम एक मीटर दूर खड़े रहें बिहार में आज से केन्द्र सरकार के अनलॉक चार के प्रावधान प्रभावी हो गये हैं राज्य में इससे पूर्व अनलॉक तीन के प्रावधान ही लागू थे गृह विभाग ने इस संबंध में आदेश निर्गत कर दिया है विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने बताया कि कंटेनमेंट जोन को छोड़कर राज्य के सभी हिस्सों में अनलॉक चार के प्रावधान लागू रहेंगे इस प्रावधान के तहत स्कूल कॉलेज समेत अन्य शैक्षणिक संस्थान तीस सितम्बर तक बंद रहेंगे हालांकि इक्कीस सितम्बर से अभिभावकों की सहमति के बाद कक्षा नौ से बारहवीं तक के छात्रों को शिक्षकों से परामर्श लेने के लिये विद्यालय जाने की अनुमति दी गयी है वहीं सिनेमा हॉल स्वीमिंग पूल मनोरंजन पार्क और थियेटर भी बंद रहेंगे इक्कीस सितम्बर से सामाजिक धार्मिक राजनीतिक और अन्य आयोजनों में सौ से अधिक लोगों को एकत्र होने की अनुमति होगी साथ ही इक्कीस सितम्बर से ही ओपेन एयर थियेटर भी शुरू हो जायेंगे अनलॉक चार में एक राज्य से दूसरे राज्य या राज्य के भीतर कहीं भी किसी भी व्यक्ति के आने जाने और सामानों के परिवहन पर रोक नहीं है केन्द्र सरकार ने दरभंगा में बनने वाले अखिल भारतीय आयूर्विज्ञान संस्थान एम्स के निर्माण के लिये एक हजार तीन सौ इकसठ करोड़ रूपये की मंजूरी दे दी है केन्द्रीय स्वास्थ्य राज्यमंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने ये जानकारी दी उन्होंने बताया कि दरभंगा एम्स में सात सौ पचास बेड होंगे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 वर्ष दो हजार अठारह में शुरू किए गए प्रधानमंत्री के सर्वांगीण पोषण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रतिवर्ष पोषण माह मनाया जाता है साउंड बाईट पोषण माह का उद्देश्य छोटे बच्चों और महिलाओं के बीच कुपोषण की समस्या को दूर करने और समी के लिए पोषण और स्वास्थ्य सुनिश्चित करने में जनभागीदारी को प्रोत्साहित करना है

इसके अलावा युवा महिलाओं और बच्चों में खून की कमी को दूर करने के उपायों से जुड़ी गतिविधियों पर भी ध्यान केंद्रिंत किया जाएगा देश में कोविड महामारी की रिथति को देखते हुए महिला और बाल विकास मंत्रालय सभी पक्षों को पोषण माह मनाने के लिए डिजिटल प्लेटफार्म का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है वहीं जीवन में पोषण के महत्व के बारे में ज्ञान बढ़ाने और सूचनाओं का प्रसार करने के लिए सोशल मीडिया ऑनलाइन गतिविधियों और ई सम्वाद का भी उपयोग किया जा रहा है दीपेंद्र के साथ आनंद चतुर्वेदी आकाशवाणी समाचार दिल्ली जदयू अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजद और कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया है श्री कुमार आज पार्टी की वर्चूअल रैली को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि विपक्षी दल अफवाहों के सहारे सत्ता में आना चाहते हैं जो कभी सफल नहीं होगा श्री कुमार ने कोरोना और बाढ़ से निपटने के लिये किये गये प्रयासों की चर्चा करते हुए कहा कि सरकार दोनों मोर्चे पर सफल हो रही है जदयू अध्यक्ष ने अपने कार्यकाल के दौरान किये गये विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की बेहतरी के लिये उठाये गये कदमों का भी जिक्र किया उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट जाने की अपील की सम्मेलन को पार्टी नेता विजेन्द्र प्रसाद यादव संजय झा और अशोक चौधरी ने भी संबोधित किया राजद ने जदयू के वर्चुअल सम्मेलन को पूरी तरह विफल बताया है पार्टी नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि जदयू अध्यक्ष विपक्ष के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे सके लोक जनशक्ति पार्टी ने विधानसभा की एक सौ तैंतालीस सीटों पर दावेदारी जतायी है पार्टी नेता संजय सिंह ने बताया कि नई दिल्ली में हुई संसदीय बोर्ड की बैठक में इस पर चर्चा हुई संसदीय बोर्ड ने पार्टी अध्यक्ष को चुनाव से जुड़े फैसलों के लिये अधिकृत किया है केन्द्र सरकार ने सोशल मीडिया की उन खबरों का खंडन किया है जिसमें इक्कीस सितम्बर से चरणबद्ध तरीके से विद्यालय खोले जाने का दावा किया जा रहा है पीआईबी ने एक ट्वीट में कहा है कि शिक्षा मंत्रालय ने इस संबंध में कोई फैसला नहीं किया है प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में आज हल्की से मध्यम बारिश हुई वहीं कई स्थानों पर भारी बारिश भी हुई है मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार सबसे अधिक रोसड़ा में नौ सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गयी विभाग ने अगले चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश की संभावना जतायी है मुजफ्फरपुर जिले के मोतीपुर में पुलिस और अपराधियों के बीच हुई मुठभेड़ में एक अपराधी मौके पर मारा गया वहीं एक पुलिसकर्मी को भी गोली लगी है जिसका स्थानीय अस्पताल में इलाज चल रहा है पश्चिम चंपारण जिले के बगहा से पुलिस ने एक मिनीगन फैक्ट्री का उद्भेदन करते हुए दो लोगों को गिरफ्तार किया है मौके से निर्मित अर्द्वनिर्मित हथियार और हथियार बनाने के उपकरण भी बरामद किये

अब तक लगभग नवासी प्रतिशत मरीजों को दी जा चुकी है छुट्टी और बिहार में अनलॉक तीन हुआ समाप्त